प्राप्त दावों आपत्तियों का निराकरण पांच जनवरी तक किया जाएगा राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस तक कर दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक अट्ठारह वर्ष की हो जाएगी वे इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे